भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा वर्तमान केन्द्र सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी गौरव यात्रा के तहत हाडोती क्षेत्र में जनसभाओं में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की योजनाओं में गडबडी का आरोप लगाया भामाशाह योजना में गडबडी की जांच किये जाने की मांग की

श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में प्रक्षेपण की गिनती सुचारू रूप से चल रही है यह पूर्ण रूप से वाणिज्यिक मिशन हैं

यह इस वर्ष का पहला व्यवसायिक मिशन है

श्री शाह आज पाली में अन्य पिछडा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अमीरों के भले के लिये थी इसीलिये देश के सार्वजनिक बैंकों तक सिर्फ अमीरों की पहुंच थी लेकिन बीजेपी सरकार सबके विकास के लिये है तथा आज हर गरीब का बैंक में खाता है पिछडा वर्ग के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया जबकि उनकी सरकार ने न केवल पिछडा वर्ग आयोग बनाया बल्कि उसे वैधानिक देर्जा भी दिया ताकि उनको अपना हक मिल सके

जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में स्वीप कार्यकम के तहत मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया

मांगरोल की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने क्षेत्र का कायापलट कर दिया है जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की है

कई योजनाओं के केवल नाम बदले है उन्होंने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर बीजेपी सरकार ने भारी गडबडी की है जिसकी जांच होनी चाहिये श्री गहलोत आज जयपूर में पत्रकारों से बात कर रहे थे

समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जन जन तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं